सीएम स्वरोजगार योजना प्रदेश के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक अम्ब्रेला के नीचे सभी विभागों की रोजगारपरक योजनाओं को अधिक आकर्षक और स्विधायक्त बनाकर लाया गया है आज मीडिया को योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्विधा और कौशल के अन्सार व्यवसाय चयन करने का अवसर दिया गया है उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रवासियों को जिला उद्योग केन्द्र की ओर से सीएम स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी दी जाए

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू करने के बाद राज्य के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रदेश में अनुसूचित जाति बाह्ल्य ग्रामों में स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं राज्यपाल ने कहा कि राज्य के अन्सूचित जाति बाहल्य ग्रामों में विकास के लिए कृषि और स्वरोजगार आधारित आर्थिक गतिविधियों की संभावनाओं का सर्वेक्षण किया जाय राज्यपाल के निर्देश पर यह कार्य देहरादून जिले से श्रू किया जा रहा है राज्यपाल जल्द ही देहरादून के अनुसूचित जाति बाहल्य गांव झाझरा का श्रमण करेंगी और ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगी इसके बाद वो हरिद्वार टिहरी और अन्य जिलों के अन्सूचित जाति बाहल्य गांवों के दौरे पर भी जाएंगीं

हैदराबाद से देहरादून देहरादून से बंगलुरू और बंगलुरू से हैदराबाद के लिए हवाई सेवा को अनुमति दी गई है ये सेवाएं सप्ताह में दो दिन बुधवार और रविवार को संचालित होंगी

उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी पैकेजिंग प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया आजीविका साधन मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने आजीविका साधन पैकेज के संबंध में जल्द शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए है मनरेगा आजीविका साधन पैकेज के रूप में उपलब्ध संबंध में हई बैठक में मुख्य सचिव ने शासनादेश में कृषि पश्पालन डेयरी विभागों की भी योजनाओं को शामिल करने को कहा

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा राजधानी देहरादून में दोपहर बाद बारिश हुई जिससे कुछ दिनों से हो रही ऊमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली वहीं क्माऊं और गढ़वाल क्षेत्र में कई जगह तेज बारिश ह्ई

आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है वहीं बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भूस्खलन होने से सड़कें बाधित हैं क्छ सड़कों को खोल दिया गया है और क्छ को खोलने की कार्रवाई जारी है चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आज यातायात के लिए सुचारू कर लिया गया है कल रात भारी मलबा आने से सड़क अवरुद्ध हो गई थी

उधर ग्प्तकाशी में ऋषिकेश केदारनाथ राष्ट्रीय मार्ग भी खुल गया है टनकप्र पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली बैंड के पास बंद है जिसे खोलने का प्रयास जारी है

इसके लिए एम्स प्रशासन ने बाल चिकित्सा विभाग में एक नई न्यूरोलॉजी डिवीजन स्थापित की है अभी तक ऐसी बीमारियों के इलाज की सुविधा राज्य के किसी भी अस्पताल में नहीं थी एम्स ऋषिकेश के पिडीयाट्रिक विभाग में न्यूरोलॉजी डिवीजन के हेड डॉ इन्द्र क्मार सहरावत ने बताया कि जिन बच्चों में मिर्गी रोग माईग्रेन दिमागी टीबी या जन्मजात आनुवांशिक दिमागी बीमारियों की शिकायत है उनका एम्स में उच्च स्तरीय तकनीक द्वारा इलाज श्रू कर दिया गया है

जिलाधिकारी रंजना राजग्रू ने इसे जिले के लिए ख्शी और राहत भरी खबर बताया उन्होंने डॉक्टरों की टीम को बधाई दी

एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि पौराणिक राम मंदिर और इसके बाहर लगाई गयी रेलिंग को हटाकर इसे पुराने स्वरूप में लाया जायेगा जिलाधिकारी ने बताया कि कलैक्ट्रैट को यहां से स्थानान्तरित करने के बाद मल्ला महल और रानीमहल के प्नर्निर्माण कार्यो को शुरू किया जायेगा उन्होंने बताया कि यहां पर पर्यटकों के लिए एक म्यूजियम क्मांउनी कैफे आर्ट गैलरी भी विकसित की जायेगी इस कार्य के लिए कुमाऊं आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया है

इस दौरान मां बाराही की पूजा अर्चना की जायेगी चंपावत जिला प्रशासन और मां बाराही मेला कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया